उन्होंने कहा कि टीकाकरण पंजीकरण के समय पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के कुछ वर्गो को उनकी डियूटी के आधार पर प्राथमिकता से टीकाकरण करने का निर्णय लिया है जिनमें हिमाचल पथ परिवहन निगम में बसों के चालक परिचालक निजी ट्रकों व बसों के चालक परिचालक इंधन पंप ऑपरेटर डिपो होल्डर्स कोविड डियूटी वाले अध्यापक बैंक कर्मचारी दवा विकेता और लोकमित्र केंद्रों के संचालक शामिल हैं कोविड समीक्षा प्रदेश सरकार ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कोविड रोगियों को निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहरी स्थानीय निकाय दवा निर्माताओं और विभिन्न धार्मिक संगठनों से बातचीत करेंगे इस दौरान वे कोविड को फैलने से रोकने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है

ट्टीकाकरण इस बीच प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है

अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर के शब्द हैं खुद को पंजीकृत करवा चुके लोगों को फ्स्ट कम फ्स्ट सर्व के आधार पर लगाए जाएंगे टीके

आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है कोरोना मरीजों की मदद करें पंचायतीराज संस्थाएं

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कफ्यू में दो घंटे की ही मिले छूट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कॉन्फ्रेंस में पंचायत प्रधानों ने की सिफारिश

दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है कोरोना के खिलाफ जंग में हिमाचल पहुंचे विदेशी अस्त्र शस्त्र

अमर उजाला की एक खबर है निर्वासित तिब्बत सरकार को कल मिलेगा नया पीएम मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान में आठ डिग्री तक की गिरावट

नमस्कार